श्री शाह ने आज नईदिल्ली में पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र जारी करने से पहले कहा कि सरकार ने जहां गरीबों किसानों और महिलाओं के हितों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाग की है

तीसरे चरण में गुजरात गोवा केरल दादरा और नगर हवेली दमन और दीव की सभी संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा

वहीं पहले चरण के मतदान के लिए सिर्फ चार दिन बचे हैं और देशभर में विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है

आकाशवाणी कार्यशाला लोकसभा चुनाव के मददेनजर आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आज प्रदेशभर के आकाशवाणी के समाचार संवाददाताओं की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है राजधानी भोपाल के राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान के मणि सभागार में हो रही कार्यशाला में जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि ने कहा कि चुनाव संबंधी रिपोर्ट में संवाददाताओं को तथ्यों पर खास ध्यान रखना चाहिये और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना चाहिये कार्यशाला का उद्देश्य संवाददाताओं को लोकसभा चुनाव की निष्पक्ष संतुलित और सटीक कवरेज के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी देना है कार्यशाला में मध्यप्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कमार कोल ने भी संबोधित किया धनुष देश की सबसे बड़ी आर्टिलरी गन धनुष तोप आज जबलपुर में भारतीय सेना को सौंप दी गई इस मौके पर गन कैरेज फैक्ट्री जीसीएफ में आयोजित कार्यक्रम में आयुध निर्माणी बोर्ड सेना तथा जीसीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रक्षा उत्पादन सचिव डॉ अजय कुमार और विशिष्ट अतिथि भारतीय थल सेना महानिदेशक लेफ्टिनेंट पी के श्रीवास्तव समेत अनेक सैन्य अधिकारी मौजूद रहे

मतदाता जागरूकता प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस कड़ी में आज टीकमगढ़ के नगर पालिका पार्क में एक सेल्फी पाइण्ट बनाया गया है जिसमें मतदान को लेकर अनेक स्लोगन लिखे गये हैं

वहीं शिवपुरी में विशेष जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया जिसे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच पी वर्मा ने हरि झंडी दिखाकर रवाना किया उधर खंडवा में भी मतदाता जागरूकता के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है जिले के छैगॉव माखन के चार मतदान केन्द्रों और हाट बाजार में ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया